हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी अगुवानी की बाद में श्री ट्रंप ने मोटेरा स्टेडियम में आयोजित नमस्ते ट्रंप समारोह में जनसमूह को संबोधित किया इस दौरान श्री ट्रंप ने कहा कि भारत की एकता ही उसे महान बनाते है उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा भारत का भरोसेमंद दोस्त रहेगा इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप रोड शो कर साबररमती आश्रम पहंचे यहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मो गांधी को श्रद्धांजलि दी

यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी इसका उद्देश्य भूमि जोत वाले किसान परिवारों को कृषि और घरेल जरूरतों के लिए आर्थिक सहयोग मुहैया कराना था

मुख्यमंत्री कमलनाथ इस सम्मेलन में शामिल हए इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक करते हुए कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है कार्यक्रम को जनजाति कार्य मंत्री ओंकार सिंह मरकाम वित्तमंत्री तरुण भनोत और सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण मंत्री लखन घनघोरिया ने भी संबोधित किया राज्यपाल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के राज्यपाल आज अनूपपुर के अमरकंटक पहुंच रहे हैं अपने प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उईके और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के विभिन्न् कार्यक्रमो मे शामिल होंगे और अमरकंटक के नर्मदा उदगम स्थल के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे